इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं

सोलन जिला कसौली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत कक्कड़हट्टी के दयोथल मंदिर में आयोजित होगा कार्यक्षता की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल करेंगे इसी प्रकार कुल्लू जिला का जनमंच उपमण्डल बंजार के गुशैणी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में होगा जनमंच में क्षेत्र की नोहाण्डा तुंग मशीयर शिल्ली सारची काण्डीधार कोठी चेहनी तथा खारागड की समस्याओं का विशेष रूप से समाधान किया जाएगा ऊना जिला में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चलोला में आयोजित होने वाले आज के जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे सिरमौर में ग्राम पंचायत बागथन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगें

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे इन दिनों योगाभ्यास में जुटे हैं सुबह के समय सभी बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाई जा रही हैं विद्यार्थी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित हैं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

विश्व कप आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज मेनचेस्टर में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा

आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल डीटीएच हिंदी पर दोहपर ढाई बजे से सुना जा सकेगा मौसम के खराब रहने से बारिश की आशंका बनी हुई है

मौसम प्रदेश में इन दिनों लगातार बढ़ते तापमान के बाद आज मौसम ने करवट ली है मौसम के इस मिजाज का पर्यटक भरपूर आंनद उठा रहे है तथा प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्वि दर्ज की गई हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री के नीदरलैंड दौरे से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अमेरिकी सेब पर आज से बढ़ेगा आयात शुल्क हिमाचली सेब को मिलेंगे उम्दा दाम

दैनिक जागरण और आपका फैसला के लगभग एक से शब्द हैं नीदरलैंड्स से व्यापार की इच्छुक हिमाचल सरकार हिमाचल दस्तक लिखता है कृषि बागवानी में सहयोग को नीदरलैंड राजी डच निवेशकों के लिए द हेग में रोड शो किया जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल भी पांच गुणा तक बढ़ाना चाहता है सेब उत्पादन

मनाली के पर्वतारोहण संस्थान में स्वास्थ्य व आयुर्वेदा पर सेमिनार औषधीय पौधे दे रहे हैं करोड़ों लोगों को नया जीवन ख़बर को आपका फैसला ने बोटम में प्रमुखता से प्रकाशित किया है